कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मसले पर लोकसभा का कामकाज एक सप्ताह तक प्रभावित रहा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर दोबारा चर्चा की चर्चा में हिस्सा लेते हुये कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कोविड संक्रमण पर सही समय पर असरदार अंकृश लगाया जिसके नतीजे दिख रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र को बढावा देने के लिये कई कदम उठाए है

वे कल अंतर्राष्ट्री य सड़क संगठन की भारतीय शाखा की ओर से भारत में सड़क सुरक्षा की चुनौतियां और कार्ययोजना की तैयारी विषय पर आयोजित वेबिनार श्रृंखला के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे देश में दुर्घटनाओं की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत अमरीका और चीन से भी आगे है और दुनिया में इसका पहला स्थान है

यह प्रदेश में जल क्रांति होगी इससे सबसे बड़ी राहत हमारी बहनों को मिलेगी उन्हें हैंडपंप से मुक्ति मिल सकेगी इसके साथ ही स्वच्छ पेयजल से स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार होगा

माफिया अभियान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में माफिया के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर प्रभावितों को पैसे वापस कराए जा रहे हैं इसके साथ ही गुम बच्चों को खोजने के लिए प्रदेश के बाहर भी टीमें भेजकर बच्चों की रिकवरी कराई गई है मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रि परिषद की बैठक से पहले मंत्री गण को संबोधित कर रहे थे

इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य इस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्म्द इरफान अली पापुआ न्यूस गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स् मारापे मालदीव की पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद संयुक्त राष्ट्र की उपमहासचिव अमिना जे मोहम्मद और केन्द्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी भाग लेंगे

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर प्रभावी रूप से अमल किया जायेगा

आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह नौ बजे से हिन्दी और अंग्रेजी में एफ रैनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा